आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नंदक्मार साई के नेतृत्व में आयोग के एक प्रतिनिधिमण्डल ने आज शिमला में मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक कर जनजातीय क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया नंदकुमार ने कहा कि हिमाचल में अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक व शैक्षणिक रिथिति देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर है उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ औषधीय पौधों व जड़ीबूटियों का संरक्षण किया जाना चाहिए बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में नंदकुमार साई ने कहा कि बैठक में अनुसूचित जनजाति समुदाय की आर्थिक शैक्षणिक और चिकित्सा संबंधी स्थिति का जायजा लिया

ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी रैलियां कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया सिद्धपुर में एक चुनावी रैली में मतदाताओं से उन्होंने पार्टी प्रत्याशी विशाल नैहरिया के पक्ष में वोट डालने की अपील की उन्होंने दावा किया कि अपने कार्यकाल में प्रदेश की भाजपा सरकार ने सभी क्षेत्रों का समान विकास किया है और इस उपचुनाव में पार्टी भारी मतों से जीत हासिल करेगी उधर सिरमौर जिले के पच्छाद क्षेत्र में भी दोनों पार्टियां प्रचार में जुटी हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज पार्टी प्रत्याशी गंगूराम मुसाफिर के पक्ष में अनेक स्थानों पर चुनाव प्रचार किया उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है और राज्य कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है बालिका दिवस आज अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है इसका उद्देश्य बालिकाओं के सामने चुनौतियों के प्रति जागरूकता पैदा करना उनका सशक्तिकरण करना और उन्हें उनके अधिकार देना है इस अवसर पर केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर लोगों से आग्रह किया है कि वे समाज में लड़के लड़कियों के बीच समानता सुनिश्चितकरने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए प्रतिबद्धता बनाये रखें इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर समाज में बेटियों के महत्व पर प्रकाश डाला गया सोलन में हुए कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया

उन्होंने कहा कि बेटियों के बिना घर व समाज अध्रा है और सरकार ने कन्या भ्रण हत्या के खिलाफ ठोस कदम उठाए हैं जलेब कुल्लू में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की धूम है मेले के दौरान हर दिन भगवान नरसिंह की जलेब निकाली जाती है जिसमें अलग अलग जगहों के देवी देवता भाग लेते हैं जलेब में भगवान नरसिंह का घोड़ा सबसे आगे चलता है और देवी देवताओं के कारकून गाते बजाते चलते हैं इस जलेब में गद्दी में भगवान नरसिंह की तलवार और ढाल होती है ये जलेब उत्सव का मुख्य आकर्षण है भगवान रघुनाथ के प्रथम सेवक और छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने बताया कि ये जलेब प्राचीन परम्परा का अभिन्न अंग है और इसे मेले की सुरक्षा की दृष्टि से निकाला जाता है सुमाष ठाकुर बिलासपुर के विधायक सुभाष ठाकुर ने आज बंदला पहाड़ी पर पैराग्लाईडिंग स्थल का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि बंदलाधार की पैराग्लाईडिंग टेक ऑफ साईट अब नए रूप में दिखेगी उन्होंने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर इस साईट को विकसित करने के निर्देश दिए सुभाष ठाकुर ने कहा कि बंदला मं जल्द ही देश की पहली पैराग्लाईडिंग एक्रो प्रतियोगिता करवाई जाएगी